केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि भाजपा की प्रदेश चुनाव घोषणा समिति ने घोषणा पत्र निर्माण करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गो से विस्तृत चर्चा की है बताया जा रहा है कि इस बार घोषणा पत्र में युवा किसान महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबको को ध्यान में रखते हए बड़ी घोषणाओं को शामिल किया जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नागौर और भरतपुर में चुनावी दौरे पर रहेंगे वहीं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राज्य में चार जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश के आठ जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे

मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक यह पर्ची नहीं पहंची हो तो वह जिला चुनाव अधिकारी या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील शर्मा के नेतृत्व में कल एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री कुमार से मुलाकात कर इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई

वहीं दूसरी शिकायत मे कहा गया है कि भाजपा उम्मीदवार शोभा कुशवाह के पति बाबूलाल कुशवाह आजीवन कारावास की सजा प्राप्त अपराधी है जो नियमानुसार सेन्ट्रल जेल के अलावा अन्य स्थान पर नहीं रखे जा सकते है धौलपुर जेल सेन्ट्रल जेल नहीं है अधिकारियों की मिलीभगत से धौलपुर जेल को चुनाव कार्यालय बना रखा है और वहीं से अपनी पत्नी के चुनाव का संचालन कर रहे है जो खुले रूप से जेल नियमों के विरूद्व है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है श्री अरोडो दो दिसम्बर को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत के स्थान पर काम संभालेंगे

गौरतलब है कि श्री अरोडा राजस्थान कैडर के आई ए एस अफसर रहे है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को गाईड लाईन तैयार कर लागू करने के निर्देश दिये है साथ ही मंत्रालय ने दसवीं तक छात्रों के बस्ते का अधिकतम बोझ भी तय कर दिया है इसके अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का बस्ता डेढ किलो से भारी नहीं होगा वहीं दसवीं के छात्रों के लिये इसकी अधिकतम सीमा पांच किलोग्राम तय की गई हैं एचआरडी मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस बारे में गाईड लाईन तैयार कर तत्काल प्रभाव से लागू करें वहीं मंत्रालय ने पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को सिर्फ गणित और भाषा पढाने की इजाजत दी है जबकि तीसरी से पांचवी कक्षा के छात्रों को एनसीईआरटी की सिफारिश के अनुसार गणित भाषा और सामान्य विज्ञान ही पढ़ाने के निर्देश है

पुलिस ने बताया कि माणकसर गांव से चार लोग कार से फूलदेसर जा रहे थे कि दोपहर करीब चार बजे हिंदौर फांटा के पास कार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कल यह घोषणा की

उन्होंने अभिनेता और निर्माता के रूप में भी यादगार काम किया